ये बात आज उन्होंने मण्डी जिले के थुनाग में सिविल जज कोर्ट का शमारम्म करने के बाद कही इस दौरान प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी भी मौजूद रहे

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि थुनाग में न्यायिक परिसर व न्यायालय स्थापित हो ताकि न्यायिक अधिकारियों सहित अन्य लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान की जा सके

इस मौके पर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी ने कहा कि लोगों को त्वरित व किफायती न्याय प्रदान करने के लिए मोबाईल न्यायालय लोक अदालत और ग्राम अदालतें कार्यशील हैं उन्होंने कहा कि थुनाग में न्यायालय की स्थापना से वांछित परिणाम हासिल करने में सुविधा मिलेगी हर्षवर्धन केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में सही सूचनाओं के प्रचार प्रसार और अफवाहों को दूर करने के लिए विमिन्न पक्षों को साथ लेकर चलना बहत जरूरी है

विश्व स्वास्थ्य संगठन के संचालन मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने महामारी से जुड़ी तमाम समस्याओं के बावजूद दुनिया में हुई प्रगति को बड़ा उत्साहजनक बताया

इंदू गोस्वामी राज्यसभा सांसद इंद् गोस्वामी ने आज पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के बिन्द्रा वन में आरोग्य पार्क और पश् औषधालय का शुभारम्भ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार ने समाज के हर वर्ग का ध्यान रखते हुए अनेक कल्याणकारी योजनाएं आरम्म की हैं इंदु गोस्वामी ने कहा कि पालमपुर को निगम का दर्जा मिलने से अब क्षेत्र में विकास कार्यो के लिए अधिक बजट मिलेगा जिससे बड़े शहरों की तर्ज पर सुविघाओं का सृजन होगा इस दौरान वूलफैडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश विकास के शिखर की ओर अग्रसर है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के विकास कार्यो और मुख्यमंत्री की लोकप्रियता से ही पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में भाजपा को भारी जनसमर्थन प्राप्त हुआ है

एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के लिए प्रेरक कहानियां साझा करने का आग्रह किया प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उनमें से कुछ कहानियों को अपने कार्यक्रम में शामिल भी करेंगे लोग नमो ऐप या माई गोव ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं